प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र में देंगे भाषण

इसके लिये विभाग उच्च प्राधिकार समिति को प्रस्ताव भेजेगा समिति की अनुशंसा मिलते ही पैरोल अवधि में वृद्धि संबंधी आदेश जारी किये जाएगे

डॉ मिश्रा ने आज भोपाल के केन्द्रीय जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया उन्होंने इस दौरान जेल की भोजन शाला और अतिसंवेदनशील अंडा सेल का भी निरीक्षण किया

उन्होंने कहा कि कोरोना संकमण काल के मद्देनजर भोपाल ग्वालियर इंदौर उज्जैन जबलपुर और सागर केन्द्रीय जेलों में कोरोना वार्ड बनाए जायेंगे गुना अतिक्रमण ग्ना जिले के जगनपुर गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान दलित के साथ मारपीट करने के मामले में राज्य शासन के निर्देश पर गुना के जिला दंडाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिये हैं इस पूरे मामले की रिपोर्ट आरोन के एसडीएम देंगे

इसके पहले सरकार ने कल गुना के कलेक्टर एस विश्वनाथन और पुलिस अधीक्षक तरुण नायक को हटा दिया था ग्वालियर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राजा बाबू सिंह का भी तबादला कर दिया गया है

ये समिति कल घटना स्थल पर पहुंचेगी और इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी

वहीं भोपाल में आज एक सौ पैंसठ कोरोना संकमित पाए गए हैं शिवपुरी जिले में कोरोना संकमण की रोकथाम के बीच आज फ्ल लॉकडाउन रहा इस दौरान बाजार में दुकाने बंद रहीं लेकिन आवश्यक वस्तुओं की दुकानें आदि खुले रहे

इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं

सागर में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने किल कोरोना अभियान की समीक्षा बैठक में कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हमें हौंसला रखने की जरूरत है

चंबल प्रोग्रेस वे चंबल प्रोग्रेस वे के शीघ्र निर्माण के लिये तैयारियां शुरू कर दी गई हैं हमारे मुरैना संवाददाता ने बताया कि आज अधिकारियों के एक दल ने बाबा देवपुरी मंदिर से लेकर रेलवे लाइन स्थल का निरीक्षण किया इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय सड़क विकास अधिकारी मध्यप्रदेश विवेक अग्रवाल के अनुसार शीघ्र ही चंबल प्रोगेस वे की योजना को मूर्तरूप दिया जाएगा समीक्षा बैठक देश के जानेमाने चिकित्सकों के अनुभवों को प्रदेश के मेडीकल छात्रों से साझा करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी आज भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र के हर वर्ग से संवाद स्थापित कर समन्वय बनाने की जरूरत है साथ ही उनसे प्राप्त सुझावों से विभाग को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाया जा सकता है बैठक में मेडीकल डेंटल नरसिंह और पैरामेडीकल कॉलेज की गतिविधियों सहित चल रहे प्रोजेक्ट की स्थिति की जानकारी दी गई वेबिनार कोरोना जागरूकता और मीडिया की भूमिका विषय पर कल पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है

श्री मोदी के साथ नारवे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनिया गुतरश भी उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे इस उच्च स्तरीय सत्र में सरकार निजी क्षेत्र सिविल सोसायटी और बौद्विक वर्ग के प्रतिनिध शामिल हैं

गृह मंत्रालय एनसीसी गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अन्रोध किया है कि वे राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता देने के लिए अपेक्षित उपाय करें सभी राज्यों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा है कि इससे अधिक संख्या में युवाओं को एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा इससे राज्य पुलिस बलों में अधिक अनुशासित शारीरिक दृष्टि से चुस्त और भलीभांति प्रशिक्षित युवाओं को शामिल करने में मदद मिलेगी राष्ट्रीय केडेट कोर एनसीसी के सदस्यों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल के महत्व को समझते हुए गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबलों के पदों पर सीधी भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को वरीयता देने की मंजूरी पहले ही दे चुका है मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे इसी व्यवस्था पर एनसीसी सदस्यों को वरीयता प्रदान करें मौसम प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है कल बुरहानपुर खंडवा खरगोन और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई इससे नदी नाले उफान पर हैं

खंडवा जिले में अच्छी बारिश दर्ज की गई है

समाचार संक्षेप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वनवासियों के कल्याण के लिये समर्पित जगदेव राम उरांव के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि आदीवासी समाज के उत्थान के लिये अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले श्री उरांव को मध्यप्रदेश कभी भूला नहीं सकता

इस दौरान उन्होंने खुले में रखे ट्रांसफार्मर और मीटरों की जानकारी ली